उन्होंने आज शिमला में कहा कि सभी आयुवर्ग के पर्यटकों को सुविधाएं मुहैया करवाकर इस प्रदेश को सभी का पसंदीदा पर्यटन गंतव्य बनाया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि चांशल को स्कीइंग बीड़ बिलिंग को पैराग्लाइडिंग पौंग बांध को जलक्रीड़ा और जंजैहली को इको पर्यटन की दृष्टि से प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जा रहा है उन्होंने राज्य में बौध सर्किट विकसित करने के लिए डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने मण्डी में पर्यटकों के लिए अतिरिक्त आकर्षण के रूप में शिव धाम को विकसित करने की योजना बनाई है

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन विभाग एक सुनियोजित रणनीति के तहत कार्य कर रहा है

वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पशुपालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि ऊना ज़िले की सड़कें जल्द ही बेसहारा पशुओं के आतंक से मुक्त हो जाएंगी ऊना के थानाकलां में आज अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने बेसहारा पशुओं को पकड़ने के लिए अगस्त माह के पहले सप्ताह में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि इन पशुओं को पंचायतों द्वारा चलाए जा रहे गौ सदनों में रखा जाएगा उन्होंने जन समस्याएं सुनकर अधिकारियों को इनके निपटारे के निर्देश भी दिए निधन दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित का आज नई दिल्ली में निधन हो गया

शीला दीक्षित पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थीं

शीला दीक्षित केंद्र सरकार में मंत्री और केरल की राज्यपाल भी रही थीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि राज्य सरकार वृद्धावस्था पैंशन के लाभार्थियों की आय़ सीमा को और कम करने पर विचार कर रही है

इससे हज़ारों लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन का लाभ मिल रहा है

एक वीडियो संदेश में सुचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जो ऑपरेटर दूरदर्शन के चैनल नहीं दिखा रहे हैं वे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं विजय ज्योति राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिल्ली से रवाना हुई कारगिल विजय ज्योति आज मनाली पहुंची सेना के जवानों ने विजय ज्योति को वन मंत्री गोविंद ठाकुर को सौंपा जिसे बाद में अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान मनाली पहंचाया गया इस अवसर पर गोविंद ठाकर ने कहा कि देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने वाले वीर जवानों को याद करने के उद्देश्य से ये आयोजन किया गया है स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमीरपुर में आज ज़िला परिषद की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई परिषद उपाध्यक्ष चंदू लाल चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में स्वच्छ भारत मिशन को उत्साह के साथ आगे बढ़ाने पर बल दिया गया है उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो रहे हैं उन्होंने बताया कि ज़िले में ठोस व तरल कचरा प्रबंधन की दिशा में मिशन के तहत अनेक कार्य किए जा रहे हैं दुर्घटना मण्डी ज़िले में पनारसा जवालापुर मार्ग पर बीती रात एक सड़क दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गई मृतकों की पहचान पनारसा खमराधा के संजू और इंद्र के रूप में की गई है पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है

प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल में मन की बात की यह दूसरी कड़ी होगी